उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सत्र शांतिपूर्ण रहेगा और सभी सदस्य जनहित से जुडे मुददों पर सार्थक चर्चा करेंगे इस बीच संत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अब से कुछ देर बाद धर्मशाला में होगी दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी धर्मशाला में बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री करेंगे सत्र तैयारी विधानसभा सत्र को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कांगड़ा के पूलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया है कि सत्र के दौरान सुरक्षा के पूख्ता प्रबंध किए गए हैं

वहीं धर्मशाला को जोड़ने वाले मागों पर नाकेबंदी की गई है उन्होंने कहा कि तपोवन के आसपास लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आने जाने के लिए अस्थायी पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें सत्र के दौरान आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत न हो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को लागत में वृद्धि रोकने के लिए विकास कार्यों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं मण्डी में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में कार्य प्ररा होने से लोगों को समय पर सुविधाए उपलब्ध हो सकेंगी उन्होंने मण्डी शहर को पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए प्रयास करने के निर्देश भी दिए जयराम ठाकुर ने बताया कि शहर में पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध करवाई जाएगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने मण्डी में विक्टोरिया पुल के संमीप ब्यास नदी पर बने नए पुल का लोकार्पण किया उन्होंने शहर में उपनिदेशक उच्च शिक्षा के अतिरिक्त भवन का भी उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस द्वारा नशे के विरूद्व आरम्म किए गए हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया गौसदन वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में गौवंश संवर्द्वन बोर्ड के माध्यम से एक व्यापक व दीर्घकालिक योजना पर कार्य कर रही है मनाली में गौसदन के निरीक्षण के दौरान गोविंद ठाकूर ने कहा कि प्रदेश के सभी गौसदनों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है वन मंत्री ने ज़िले की विभिन्न संस्थाओं से गौसदनों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने में सहयोग की भी अपील की महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है मण्डो जिले में संघोल में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए धर्मपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव को अच्छी सड़क सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है महेन्द्र सिंह ठाकूर ने क्षेत्र में लोअर सोहर से भनवाल बस्ती तक बनने वाली संपर्क सड़क का भूमिपूजन भी किया गुहिणी योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य में अब तक डेढ़ लाख पात्र लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने पालमपुर के धीरा में योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने विभाग को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि कोई भी परिवार बिना गैस कनेक्शन न रहे विपिन परमार ने क्षेत्र में राजस्व सदन की आधारशिला रखी और इलेक्ट्रिक नलकूप का लोकार्पण भी किया

उन्होंने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और इनसे लाभ लेने का आहवान किया बिक्रम ठाकुर ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

उन्होंने ये जानकारी नाहन में सेन की सेर पंचायत के एक प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित करते हुए दी बिंदल ने बताया कि भारी बरसात से अवरूद्व हुए ग्रामीण संपर्क मार्गो को युद्धस्तर पर कार्य कर खोला गया है जबकि कुछ मार्गो का कार्य अंतिम चरण में है शांडिल कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने राज्य सरकार से सोलन को जल्द नगर निगम का दर्जा देने की मांग की है सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम बनने के सभी मापदण्ड पूरे करता है और इससे स्थानीय लोगों को विकास का लाभ भी भिल सकेगा शांडिल ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल के कार्यो को वर्तमान में अनदेखा किया जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि सोलन शामती बाईपास तैयार होने के बावजूद इसका उदघाटन नहीं किया जा रहा है